आकाशवाणी ईटानगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत जल थल और नभ तीनो क्षेंत्रो में परमाणु शक्ति संपन्न हो गया है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भारत की सफलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के रक्षा तंत्र में और भी मजबूती आई है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है जिसे विश्व की प्रमुख संस्थाओं ने स्वीकार भी किया है श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष दो हजार अटठारह में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई और देश के सभी गांवो और घरों में बिजली पहुंची उन्होंने कहा कि देशवासियो के अडिग संकल्प के कारण स्वच्छता कवरेज पंचानवे प्रतिशत को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है श्री मोदी ने कहा है कि लोगो के सामूहिक प्रयासो से कारोबार की आसानी के पायदान पर देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है प्रधानमंत्री ने कहा है कि सौर ऊर्जा और जलवायू परिवर्तन के क्षेत्र में भी भारत के प्रयासो का विश्व ने संज्ञान लिया है भारत की महान प्राकृतिक परंपरा का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रयागराज में अगले वर्ष पंद्रह जनवरी से विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है जिसमें डेढ़ सौ से अधिक देशों के लोगो के आने की संभावना है समाज में खेल क्रद के महत्व पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि व्यक्ति के सुदृढ़ संकल्प और ब्रलंद हौंसलों से रुकावटें ख्रद की समाप्त हो जाती है प्रधानमंत्री ने कहा कि छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के बारे में लोगो में बहुत उत्सुकता है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक अटूट संबंध रहा है श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के सिलसिले में देशभर में जो अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है उनमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित ईट राइट इंडिया कार्यक्रम प्रमुख है देशवासियो को लोहड़ी पोंगल मकर संक्रांति उत्तरायण माघ बिहू और माघी त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन त्योहारों के नाम भले ही अलग अलग हैं लेकिन सबको मनाने की भावना एक ही है और ये सभी त्योहार फसल किसान और खेती बारी से जुड़े है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते है

गुवाहाटी में एक कार्यक्रम से इतर आकाशवाणी के साथ बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि यह प्रणाली पिछले वर्ष प्रयोग के तौर पर श्रु की गई थी इसके अंतर्गत मध्मक्खियों की रिकॉर्ड की गई ध्वनि को विस्तारित रुप में हाथियों को सुनाया जाता है ताकि वे रेल पटरियों से दूर रहे श्री गोयल ने कहा कि इस प्रणाली की शुरुआत रंगिया के डिविजनल मैनेजर रविलेश कुमार ने की थी इससे रेल पटरियों पर हाथियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओ को रोकने में मदद मिली है

इस समय नेत्रहीन लोग सौ रुपए और उससे उपर के नोटों की पहचान उन पर अंकित उभरे हुए चिह्नों से करते हैं रिजर्व बैंक की इस पहल से करीब अस्सी लाख लोगों को लाभ होगा

राज्यपाल ने राज्य के द्रदराज के इलाको के लोगो की सहायता के लिए सेना की सराहना की

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में राज्यों के जैव विविधता बोर्ड की तेरहवी राष्ट्रीय बैठक के उद्घाटन सत्र में कनाडा के मॉन्ट्रियल स्थित सचिवालय को ऑनलाइन यह रिपोर्ट भेजी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत में विभिन्न विकास योजनाओ के जरिए जैव विविधता पर भारी निवेश किया जा रहा है यह निवेश सत्तर हजार करोड़ रुपये वार्षिक है जबकि अनुमानित वार्षिक लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये का है विश्व में बाघों की कुल आबादी का लगभग दो तिहाई भारत में है

आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया